इन योजनाओं के तहत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया उन्होंने कहा कि भारत कोरोना महामारी से द्रद्वता के साथ संघर्ष कर रहा है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में होगी बैठक में कई अहम निर्णय लिये जाने की संभावना है इसके अलावा मुख्यमंत्री शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे

हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है मौसम मॉनसून के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का समाचार है मौसम विभाग ने तीन दिन तक प्रदेश के मध्यवर्ती व मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर यलो अलर्ट जारी करते हुए भारी वर्षा व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है इसे देखते हुए कुल्लू जिले में भी प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के पास न जाने और घरों से निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना विस्फोट से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में बाहर से आ रहे लोग ही पाए जा रहे संक्रमित दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं बाली चौकी में मिनी सचिवालय के लिये उपयुक्त भूमि करें चिन्हित

अमर उजाला ने लिखा है हिमाचल में बनी छह दवाओं के सैंपल फेल

इंद्र गोस्वामी एक दिन के लिये ही बनीं हिमाचल भाजपा अध्यक्ष शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है हरियाणा के ड्रामे से मिलता जुलता प्रकरण हिमाचल में भी देखने को मिला जबकि इंदुगोस्वामी के हवाले से दैनिक भासकर ने लिखा है प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा यह हाईकमान बताएगा ऑनलाईन एजुकेशन और कॉलेज एग्जाम पर कैबिनेट में मंथन आज सीबीएसई यूजीसी के नए निर्देश भी बताए जाएंगे कैबिनेट को हिमाचल दस्तक की खबर है अमर उजाला ने लिखा है प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सौ प्रतिशत तक बढ़ाए पहली से आठवीं कक्षा की पुस्तकों के दाम दैनिक भास्कर ने उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र के बयान को सुर्खी दी है सीमेंट के दाम को नियंत्रण करने के लिये कानून बनाएगी सरकार